मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने राज्य के सभी आयुक्तों को इस पर लगातार निगरानी रखने को कहा है मुख्य सचिव ने आज राजधानी में सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों की बैठक लेकर प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की इस दौरान श्री मंडल ने कहा कि धान खरीदी के दौरान कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि धान खरीदी शुरू होने के साथ ही खरीदी केन्द्रों की हर दिन जांच की जाए मुख्य सचिव ने कहा कि वे खुद हर पंद्रह दिनों में धान खरीदी की समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे गौठान बनाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाए साथ ही इसके लिए गौठान समिति का गठन भी किया जाए उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों की लगातार निगरानी करें मुख्यमंत्री सांसद पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखकर संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को विशेष रूप से उठाने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के हित में समय समय पर अनेक मांगों और समस्याओं से संबंधित विषय केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाए गए हैं उन्होंने सांसदों से कहा कि वे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य हित के विषयों पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ चर्चा करें ताकि इसका प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके

हालांकि राज्य सरकार ने सरपंच पद के आरक्षण की प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि सरपंच पद के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए अगली तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी गौरतलब है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत के पंच सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की प्रस्तावित तिथि तेईस नवम्बर निर्धारित की गई है केवल सरपंच पद के आरक्षण को वर्तमान में रोक कर बाकी पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया आगामी तेईस नवम्बर तक सम्पन्न कराई जाएगी हाईकोर्ट महापौर चुनाव प्रदेश में महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई है इसमें चुनाव के साथ साथ वर्तमान में काम कर रहे महापौर के कार्यकाल को भी चुनौती दी गई है याचिका के अनुसार अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है इस मामले में बिलासपुर के रौशन सिंह ने हाईकोर्ट में दो अलग अलग जनहित याचिका दाखिल की है इन याचिकाओं में कहा गया है कि महापौर चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के कारण वैधानिक संकट पैदा हो रहा है इस मामले पर अट्ठारह नवंबर को सुनवाई होगी व्यापार मेला उनतालीसवां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का उद्घाटन किया सत्ताईस नवंबर तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया

इस व्यापार मेले में प्रदेश के शिल्पकाररों और कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प सहित अन्य उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं माओवादी वाहन रोका सुकमा जिले के कोंटा में माओवादियों ने आज दो वाहनों को रोकने की कोशिश की हालांकि इसकी सूचना मिलते ही डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि माओवादियों ने पुलिस जवानों को आता देख फायरिंग शुरू कर दी लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग खड़े हए भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में कल मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पंद्रह नवंबर के बदले एक दिसंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है जो किसानों के लिए अनुकूल नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी श्री उसेंडी ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर साल पंद्रह नवम्बर से धान खरीदी की जाती थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ाकर एक दिसंबर कर दिया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में अभी धान कटाई चल रही है और किसानों का धान बिचौलियों द्वारा कम कीमत पर खरीदा जा रहा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने वादे के मुताबिक धान खरीदी के मुद्दे पर ठोस कदम उठाना चाहिए अवैध धान कार्रवाई बालोद जिले में धान के अवैध परिवहन की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है पिछले दो दिनों के दौरान बालोद के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनिल वाजपेयी के नेतृत्व में अधिकारियों के दल ने बालोद गुंडरदेही और डोंडी सहित अन्य स्थानों पर राईस मिलों और कोचियों के ठिकानों के अलावा कुछ दुकानों में भी छापे की कार्रवाई की जिले के विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में अवैध रूप से ले जाया जा रहा आठ सौ छप्पन क्विंटल धान जब्त किया गया धान परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है बाल दिवस कृतज्ञ राष्ट्र आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण कर रहा है आज के दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की एक सौ तीसवीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में बच्चों और नवाचार करने वाले युवा उद्यमियों से मुलाकात भी की इधर प्रदेश में भी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है राज्यपाल आज राजभवन में आयोजित शासकीय दृष्टि और श्रवणबाधित विद्यालय के बच्चों के सांगीतिक कार्यक्रम में शामिल हुई उन्होंने इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्वेच्छानुदान से एक लाख रूपये देने की घोषणा की उधर राजनांदगांव जिले के स्कूलों और कॉलेजों में आज पंडित नेहरू की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल सिंह विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई के सदस्यों ने विद्यार्थियों को फल और बिस्किट वितरित किए

पांच दिनों के इस नाट्य समारोह के पहले दिन एकपात्रीय नाटक द्रौपदी का मंचन हुआ इसमें देश की जानी पहचानी रंगकर्मी अस्मिता भट्ट ने द्रौपदी की भूमिका निभाई समारोह के दूसरे दिन आज देर शाम प्रेम पॉलिटिक्स नाटक का मंचन होगा समारोह के संयोजक सुभाष मिश्रा ने बताया कि यह नाटक नदियों की प्रेम कथा है जिसके जरिये समाज में घुल रही नफरत और हिंसा को उजागर किया गया है बैडमिंटन स्वर्ण पदक कोरबा की बैडमिंटन खिलाड़ी मनीषी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए दोहरी सफलता प्राप्त की है उन्होंने दुबई में आयोजित यूनाइटेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप के महिला एकल मुकाबले में स्वर्ण पदक और मिश्रित युगल मुकाबले में रजत पदक हासिल किया है भारतीय नौसेना भर्ती भारतीय नौसेना में आर्टिफिशर अप्रेंटिस और सीनियर सेकण्डरी भर्ती के सत्ताईस सौ पदों के लिए अविवाहित पुरूष उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आवेदक का जन्म एक अगस्त दो हजार से इकतीस जुलाई दो हजार तीन के बीच का होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अट्ठारह नवम्बर है इन पदों में भर्ती के लिए आवेदक को विज्ञान गणित या कम्प्यूटर विज्ञान विषय में साठ प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय में नौसेना भर्ती रैली के लिए स्थापित हेल्प डेस्क में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है

यहां चुचुहियापारा फाटक पर अंडरब्रिज निर्माण के दौरान क्रेन गिर जाने से कल विभिन्न मार्गों की ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो गया था

अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह चक्काजाम समाप्त हुआ

महोत्सव के दौरान खेलकूद चित्रकला निबंध सहित अनेक प्रतिर्योगिताएं आयोजित की गई